युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आज से राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव शुरू हुआ तीन दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल अनुसईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बर्घल ने किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि खेल और संस्कृति को जीवित रखने का यह महोत्सव एक सराहनीय प्रयास है इससे ग्रामीण प्रतिभाएं निखरकर बाहर आएंगी उन्होंने युवाओं से कहा कि वे हौसलों के साथ संकल्प लेकर आगे बढ़े तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी राज्यपाल ने कार्यक्रम में मार्चपास्ट करने वाले लोक नृत्य दलों को पांच पांच हजार रूपये की राशि देने की घोषणा की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से कहा कि वे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करे उन्होंने नौजवानों को खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नया नारा दिया कार्यक्रम में खेल मंत्री उमेश पटेल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे कार्यक्रम में अतिथियों ने खेल विकास प्राधिकरण के लोगो का विमोचन मी किया इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की टीम ने रस्साकसी प्रतियोगिता में भाग लिया तथा युवाओं का उत्साहवर्धन किया गौरतलब है कि इस महोत्सव में प्रदेश से करीब सात हजार प्रतिभागी शॉमिल हो रहे हैं

भारत के महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से अवगत कराया स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर लखनऊ में आयोजित युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से देश के युवाओं से अपील की कि वे ॅवर्ष दो हजार बीस में स्थानीय उत्पादों को ही खरीदने का प्रयास करें ताकि देशवासियों की मदद की जा सके राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती प्रदेशवासियों को बघाई और शुभकामनाएँ दी हैं इधर नारायणपुर जिले में आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हए वहीं दूर्गे जिले में विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्टील सिटी एथलेटिक क्लब की ओर से आठ किलोमीटर की क्रॉस कन्ट्री मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया इसी तरह राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा महाविद्यालयीन छात्र शिविर और पथ संचलन का आयोजन किया गया उधर कोरबा में भी राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने सरस्वती शिशु मंदिर से पथ संचलन किया जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचा लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्वाभिमान अस्मिता और नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का दौर शुरू हुआ है अब छत्तीसगढ़ देश के नए विश्वास के रूप में उभरा है आज मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी की छठवीं कड़ी में सेवा का एक साल विषय पर प्रदेश की जनता से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को सेवा और जतन का एक साल बताया उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीणों किसानों अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य कमजोर तबकों को राज्य के विकास के साथ जोड़ने में सफल हुए हैं शिक्षा से रोजगार तक युवाओं को सर्वागीण विकास के अवसर देने से लेकर सुरक्षित भविष्य तक ले जाने हर उपाये किए गए हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती का उल्लेख करते हुए श्री बघेल ने कहा कि स्वामी जी बेहद उदार व्यावहारिक और सुधारवादी थे उन्होंने युवाओं को प्रचलित रूढ़िवादिता से दूर रहकर अपना विकास करने के लिए प्रेरित किया मेरे नौजवान साथियों यदि कोई मुझसे पूछे कि हमें युवाओं के विकास के लिए क्या करना चाहिए तो मेरा सीधा जवाब होता है कि हमें सबसे पहले युवाओं पर विश्वास करना चाहिए मेरा निश्चित मत है कि हमारे नौजवान साथियों को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है कि उन पर उनकी प्रतिभा पर उनकी योग्यता पर उनकी क्षमताओं पर भरोसा जताया जाए आज जो भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आप पर विश्वास है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं मैं आपको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां सौंपना चाहता हूं मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा कि प्रदेश में सात हजार शिक्षाकर्मी नियमित किए जाएंगे और पंद्रह हजार व्याख्याताओं की भर्ती होगी उन्होंने उच्च शिक्षा को रूचिकर और गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने के सरकार को प्रयासों के बारे में बताया कि आने वाले समय में आठ मॉडल कॉलेज शुरू होंगे साथ ही मर्रा और साजा में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे

ये इन्क्यूबेशन सेंटर कृषि क्षेत्र में उद्यमिताशीलता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है इस इन्क्यूबेशन सेंटर से हाल ही में पहला बैच पासआउट होकर निकला है इस संबंध में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की इन्क्यूबेशन सेंटर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर हुलास पाठक से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे पंचायत चुनाव समीक्षा राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बस्तर संभाग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं आज जगदलपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मतदान कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों और आम लोगों की सुरक्षा के प्रख्ता इंतजाम किए जाए उन्होंने जिलेवार निर्वाचन कार्यो की भी समीक्षा की वहीं नारायणपुर जिले में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मास्टर ट्रेनरों ने एक सौ तिरपन मतदान दलों के पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया

इस प्रतियोगिता का शुभारंभ संभाग आयुक्त दिलीप वासनीकर और पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने किया सोलह जनवरी तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में इकतीस राज्यों के करीब चौदह सौ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें कबड़डी थ्रो बॉल और यांग मुण्डो जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी इंस्पायर अवॉर्ड दूर्ग जिले में इंस्पायर अवॉर्ड मानक जिला स्तरीय प्रदर्शनी आज संपन्न हुई इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने बाल वैज्ञानिकों को शुभकामनाए देते हुए कहा कि वे अपनी सोंच को मूर्त रूप देने समूह में ऐसा कार्य करें जो नई दिशा दें गौरतलब है कि इस प्रदर्शनी में तीन सौ इकतालीस बाल वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल प्रदर्शित किए इनमें से अड़तीस मॉडल को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए चुना गया संक्षिप्त समाचार जम्म् कश्मीर में पिछले तीन सालों से बंधक बनाकर रखे गए जांजगीर चांपा जिले के मजदूरों को प्रशासन और श्रम विभाग की मदद से छड़ा लिया गया है इनमें छब्बीस पुरूष पच्चीस महिला और चालीस बच्चे शामिल हैं राज्य हज कमेटी की ओर से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का चयन आज रायपुर में लॉटरी सिस्टम कुर्राह से किया गया दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक लाख रूपये के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने दस दस किलो के दो पाईप बम बरामद किए हैं कोरबा जिले में आज तहसीलदार ने रामपुर क्षेत्र में सात व्यापारियों के यहां छापा मारकर सोलह सौ क्विंटल से अधिक का अवैध धान जब्त किया है इसकी कीमत लगभग चालीस लाख रूपये बताई जा रही है जशपूर के जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने डोडकराचौरा स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा संबंधी जानकारी देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन आज राजनांदगांव जिले में महिलाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली इस दौरान उन्होंने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया कोंडागांव जिले में आज बस और ट्रक में हुई आमने सामने की भिडंत में छह लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है बलरामपुर जिले में कल से तीन दिवसीय तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा महासमुंद जिले में पिरदा के पास स्थित शराब दुकान में सेल्समैन से लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है